राज्य सरकार संस्कृत को समृद्ध बनाने के लिये भाषा विशेषज्ञों और साहित्यकारों के सुझावों को लायेगी अमल में

इधर किसान कर्ज माफी को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज प्रदेशभर में जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस की किसानों की ऋण माफी की बात एक छलावा है और बीजेपी जेलभरो आंदोलन के जरिये जनता तक यह बात पहंचाना चाहती है इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जालोर में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के जेल भरो आंदोलन को लेकर कहा कि जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि सरकार घोषणा पत्र में किये गये वादों को पूरा कर रही है गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जालोर के सांचोर में किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित करेंगे और कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे

विभिन्न जिलों में कई लोग इस रोग की चपेट में आ रहे है

इधर जोधपुर सभाग में भी कल स्वाइन फ्लू से दो महिला मरीजों की मौत हो गई उदयपुर में भी महाराणा भोपाल चिकित्सालय के स्वाइन फ्लू वार्ड में एक संदिग्ध रोगी की मौत हो गईे

आयोग ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका को देखते हुए यह व्याख्यान माला शुरू करने का निर्णय लिया है इस व्याख्यान माला में देश की प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित किया जायेगा

कल इस बारे में दरगाह कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई बैठक में बताया गया कि उर्स में इस बार और भी बेहतर प्रबंध किये जायेंगे दरगाह कमेटी इस बार दरगाह और कायड़ विश्राम स्थली पर बारह सौ कार्यकर्ता तैनात करेगी

फेस्टिवल में आज पक्षियों से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई है

यह जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में एक समारोह में दी वे राजस्थान संस्कृत साहित्य सर्म्मेलन की हीरक जयंती और राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण विद्यापीठ की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित उदघाटन समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा में सदियों से भारत की परम्पराओं को संजोया गया है उन्होंने प्रदेश में संस्कृत के प्रचार प्रसार पर संतोष प्रकट करते हुए कहा कि यहां संस्कृत भाषा के प्रति हमेशा सकारात्मक माहौल रहा है समारोह में कला और संस्कृति मंत्री डॉ बीडी कल्ला सहित अनेक विद्वान और साहित्यकार उपस्थित थे

घटना की सूचना पर पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश श्रू कर दी है

घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है

प्रतापगढ जिले में भी हाल ही में छोटी सादडी के जलोदिया केलुखेडा गांव में अनोखी शादी हई जहां वध् पक्ष ने दहेज में बारातियों को आम के पौधे भेंट किये हमारे संवाददाता ने बताया कि ये शादी पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बनकर गांव में चर्चा का विषय बनी हई है

कई स्थानों पर बारिश तथा तेज हवायें चलने से ठण्ड का असर फिर से बढ़ गया है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में ओलावृष्टि से न केवल जनजीवन प्रभावित हुआ है बल्कि फसले खराब होने से किसानों को भारी नुकसान की संभावना भी बन गई है ओले गिरने से अनूपगढ़ और गढसाना में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है यहां खेतों में फसलों को ब्री तरह से नुकसान पहचा है इस बीच दिल्ली और एनसीआर में भी बारिश ओलावृष्टि और तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो गया है खराब मौसम की वजह से कई घरेलु उडानों पर भी असर पड़ा है नई दिल्ली हवाई अड्डे से अनेक विमानों को जयपुर की ओर भी डायवर्ट किया गया

राजधानी जयपुर में भी सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है